आज देश भर में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जा रहा है हर वर्ष सात दिसम्बर को यह दिन शहीदों के सम्मान मे तथा देश की स्रक्षा मे लगे वर्दीधारी प्रूषों और महिला के सम्मान के लिए मनाया जाता है रक्षा मंत्री निर्मला सीमारमण ने एक टवीट मे कहा है कि हर खतरनाक परिस्थिति मे सशस्त्र बल बचाव के लिये आगे आते है सशस्त्र सेना सप्ताह मौके पर मंत्री ने फलैग डे फंड में अपना योगदान देकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने की अपील की है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को सशस्त्र दिवस की बधाई देते हए कहा है कि वे झंडे लेकर अधिक से अधिक राशि का योगदान करे यह राशि देश के वीर सैनिकों के कल्याण में काम आयेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है इस दिन हम अपने श्हीदों का स्मरण कर सशस्त्र सेनाओं के प्रति एकज्टता दर्शाते है

चंडीगढ़ के लेक कल्ब पर मिलिट्री लिटरेचर फैस्टीवल के का उदघाटन् करते हए उन्होंने एमएलएफ को प्रथम विश्वय्दव के शताब्दी समारोह को मनाते हुए अनजान शहीदों के प्रति इसे सच्ची श्रद्वाजंलि बताया एमएलएफ के अनूठे मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए पंजाब के म्ख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्दर सिंह का धन्यवाद करते हये राज्यपाल ने इस समारोह के आयोजन पर संतोष जताया

उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने बेहतर चिकित्सा स्विधाओं की किफायती बनाने की आवश्यक्ता पर जोर दिया है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स मे दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हए श्री नायडू ने कहा कि गांवों और शहरों के स्वास्थ्य स्विधाओं के अंतर को पार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि आध्निकतम उपलब्धियों को मेडिकल शिक्षा में शामिल करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कालेज होना चाहिए दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नडडा ने कहा कि आयुषमान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना से पिछले दो महीनों के साढ़े चार लाख मरीजों को फायदा पहंचा है

सुनवार मे डेरा प्रमुख वीडिया कांफ्रेसिंग के जरिये पेश हआ इस मामले मे दो आरोपियों पंकज और एम पी सिंह को भी अदालत में पेश किया गया काबिलेगौर है कि बचाव पक्ष दवारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में गवाहों के बयानों की कापी लेने सम्बधी एक याचिका लगाई थी जिस पर आज आदेश आना था उच्च न्यायालय से लिखित आदेश न मिलने के कारण सीबीआई अदालत में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने मौखिक आदेश मे कहा था कि बचाव पक्ष गवाहों के बयानों को पढ़ सकता है पर उन्हें बयानों से प्रति नहीं दी जायेगी

नई दिल्ली में आज जागरण मंच की विचार गोष्ठी में श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान को राष्ट्र व्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए मीडिया की भूमिका की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजीटल क्रांति से मीडिया का विस्तार हुआ है और आने वाले दिनों में समाज में मीडिया की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी उन्होंने आशा व्यक्त कि न्या मीडिया नये भारत की नींव को ओर ताकत देगा उन्होंने कहा कि छोटे आकार की सरकार और बेहतर प्रशासन तथा सबका विकास ही नये भारत का मूलमंत्र है

उल्लेखनीय है कि नगर निगम हिसार करनाल पानीपत रोहतक और यम्नानगर में मेयर व पार्षद के लिए लिए तथा नगरपालिका जाखल मंडी व प्ंडरी में केवल पार्षद के लिए च्नाव होने है

इसी प्रकार पार्षद पर के लिए क्ल सात सौ सतावन उम्मीदवारों मे से तीन सौ नवासी प्रूष और तीन सौ अड़सठ महिलायें च्नाव मैदान में है हरियाणा प्लिस महानिदेशक बी एस संध् ने कैथल जिले में सड़क द्र्घटना में मारे गये हरियाणा हाईवे पायलट के चालक सिपाही पवन के निधन पर शोक व्यक्त किया है

आज चंडीगढ़ में जारी एक शोक संदेश मे उन्होने शोक ग्रस्त परिवार मे सहानुभूति व्यक्त करते हए घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है हमारे संवाददाता ने बताया कि घायल प्लिस अधिकारियों की पहचान एएसआई जयपाल और एसपीओ मदन के रूप मे हई है एसपीओ मदन को प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रैफर किया गया है प्लिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के अन्सार पेहवा केथल मार्ग पर ये द्धटना तब ह्ई जब जीरी से लदे कैंटर ने गलत दिशा मे चलते हये पायलट वाहन को टक्कर मार दी

शिक्षामंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा है कि आगामी शिक्षा सत्र से हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम मे भिवानी के प्रसिस्द्व गांव रोहनात के प्ररेणादायक वीरगाथाओं को शामिल किया जायेगा

स्वास्थ्य एंव खेल मंत्रीअनिल विज ने आज अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में तीन करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया

इन गांवों में उपस्थितलोगों को सम्बोधित करते हुए श्री विज ने क्षेत्र के हर कोने मे विकासकार्य युद्वस्तर पर जारी है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इंडिया गेट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का श्भारंभ करते हए कहा कि गीता का ज्ञान मन्ष्य के लए सहस्त्रबिदयों से प्ररेणा स्त्रोत हरा है